प्रधानमंत्री ने कहा शिक्षा नीति सुगमता समता गुणवत्ता किफायत और जवाबदेही पर आधारित

कहा टेलीमेडिसिन की सुविधा को और सुदृढ़ किया जाए प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की संख्या पैंतालीस हजार आठ सौ सात हुई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस को स्वीकृति प्रदान कर दी इसमें जो बड़े सुधार किए गए हैं उनमें वर्ष दो हजार पैंतीस तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को पचास प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचाना और विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर पर शिक्षा छोड़ने या प्रवेश लेने की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है नीति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रमों का विकास किया जाएगा और वर्चुअल प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम एन ईटीएफ का भी गठन किया जाएगा प्रारंभिक साक्षरता और गणित पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन कायम किया जाएगा पाठ्यक्रमों के शैक्षिक ढांचे में भी बड़े परिवर्तन किए गए हैं और कला तथा विज्ञान के बीच बड़ी विभाजन रेखा नहीं रखी गई है नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा तथा शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भेद को भी समाप्त कर दिया गया है बोर्ड की परीक्षाओं पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है और रटने के बजाय विद्यार्थियों के ज्ञान के वास्तविक परीक्षण पर जोर दिया गया है नई नीति के अनुसार पांचवीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहेगी और बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में उनके अंकों और ग्रेड की बजाय उनके कौशल और क्षमताओं का समग्र आकलन किया जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है

मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद् भी इसकी निरिचत रूप से सराहना करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस फैसले को बहुत महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त होगा अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस को मंजूरी दिए जाने का हार्दिक स्वागत किया है अनेक ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अरसे से इसकी प्रतीक्षा थी और आने वाले समय में इससे करोड़ों लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस शिक्षा तक लोगो की पहुंच क्षमता गृणवत्ता किफायत और जवाबदेही बढ़ाने पर आधारित है श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा तक हर किसी की पहुंच सुनिश्चित करने को सबसे अधिक महत्व दिया गया है इसके अलावा शिक्षा के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे नवाचार पर आधारित शिक्षा केंद्रों के जरिए स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाने वालों को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा में लाने और सीखने के अनेक तरीके उपलब्ध कराने पर भी नई शिक्षा नीति में जोर दिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का सम्मान करते हुए नई शिक्षा नीति में संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की प्रणाली को शामिल किया गया है गृह मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन के नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं अनलॉक तीन के तहत पहली अगस्त से गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत होगी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रात्रि में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा पांच अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा स्वतंत्रता दिवस समारोहों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर तथा स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकता है स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं इकत्तीस अगस्त तक बंद रहेंगी वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित आधार पर अनुमति होगी जिसे चरणबद्व ढंग से बढ़ाया जाएगा मेट्रो रेल सिनेमा हॉल तरणताल मनोरंजन पार्क थियेटर और बार के अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरजन शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी कंटेनमेंट क्षेत्रों में गतिविधियां राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा तय की जाएंगी और उनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं राज्यों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा पांच रफाल लडाकू विमानों का पहला बेड़ा कल तीसरे पहर अंबाला पहुंचा अंबाला वायुसेना केंद्र पर इन विमानों को वॉटर कैनन सैल्यूट दिया गया भारतीय वाय् क्षेत्र में प्रवेश करने पर इस बेड़े के साथ दो सुखोई विमानों ने भी उड़ान भरी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया तथा वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख एयर मार्शल बी सुरेश ने अंबाला हवाई अड्डे पर रफाल विमानों के पहले बेडे का स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी की समिति गठित कर कार्ययोजना तैयार की जाए उन्होंने इस समिति को पर्याप्त वित्तीय अधिकार भी देने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को शुक्रवार को गौतमबुद्धनगर बुलन्दशहर हापुड़ गाजियाबाद मेरठ मुजफ़फरनगर तथा शामली सहारनपुर का भ्रमण करके इन जनपदों में स्वास्थ्य सेवाओं की मौके पर समीक्षा करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने राज्य में टेलीमेडिसिन की सुविधा को और सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को घर पर ही चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध हो सके देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या दस लाख तक पहुंच गई है इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब चौंसठ दशमलव पांच एक प्रतिशत हो गयी है कोरोना से मृत्यू दर घटकर दो दशमलव दो तीन प्रतिशत रह गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में पैंतीस हजार दो सौ छियासी मरीज ठीक हुए अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में देश में कुल अड़तालीस हजार पांच सौ तेरह लोग संक्रमित हुए इसके साथ ही मरीजों की क्ल संख्या पन्द्रह लाख इकत्तीस हजार छः सौ उन्हत्तर हो गई है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है अब तक कुल पैंतालीस हजार आठ सौ सात लोगों को बीमारी से ठीक हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है राज्य में उन्तीस हजार नौ सौ सत्तानबे रोगियों का इलाज चल रहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घटों के दौरान कोविड नाइन्टीन के तीन हजार पांच सौ सत्तर नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा सतहत्तर हजार के पार पहुंच गया है राज्य में मंगलवार को सत्तासी हजार सात सौ चौवन कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक क्ल इक्कीस लाख बीस हजार आठ सौ तैंतालीस नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए राज्य के कई पवित्र स्थलों से मिट्टी और जल अयोध्या भेजे जा रहे हैं इसी क्रम में कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से भी पवित्र मिट्टी अयोध्या भेजी गयी मथुरा में एक दिन पूर्व स्थानीय लोगों ने विशेष रजत शिला का पूजन किया सांसद हेमा मालिनी भी ऑनलाइन इस पूजा में शामिल हुई यह रजत शिला और ब्रज के पवित्र कुंडों का जल अयोध्या भेजा जाएगा वहीं चित्रकूट से ऐतिहासिक भरतकूप का जल भी अयोध्या भेजा जाएगा प्रदेश के अनेक स्थानों पर पिछले चौबीस घंटों से रूक रूक कर बूंदाबांदी जारी है मौसम विभाग ने आज भी राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा होने का अनुमान जताया है